प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के संवाद से कार्यकर्ता और अभियान से जुड़े नागरिको में उर्जा का संचार होगा उन्होने बताया कि जबलपुर के दददा परिसर में संसदीय क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ श्री मोदी संवाद करेंगे उधर सतना के सुभाष पार्क में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत इंदौर में माणिक बाग रोड पर हर तबके के लोग प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी उत्तरप्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पार्टी की ओर से यह जानकारी आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के अण्टोनी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में दी कांग्रेस बैठक नई दिल्ली में कल कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गयी है उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद प्रदेश के शेष सभी बीस लोकसभा क्षेत्रों और छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा बैठक में शामिल होने के लिये मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नई दिल्ली जा रहे है

दुर्घटना मौत सतना जिले के अमदरा थाना क्षेत्र में आज एक कार के ट्रक से टकरा जाने के कारण तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें सतना के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है अवैध कारखाना शिवपुरी जिले के कोलारस थाना अंतर्गत पुलिस ने पारागढ़ के प्राचीन किले के पास से अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकड़ा है

मोगली उत्सव विद्यार्थियों में पर्यावरण और वन्य जीवन के प्रति लगाव और उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने के उद्देश्य से उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आयोजित मोगली उत्सव का आज समापन होगा

उत्सव के दौरान बच्चों को स्कल शिक्षा विभाग द्वारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क के वन्यप्राणियों को करीब से दिखाया गया स्वीप अभियान शिवपुरी जिले में स्वीप अभियान के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं शिवपुरी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में कई सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बनाए गए यह सेल्फी प्वाइंट मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं इन केंद्रों के माध्यम से मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने की अपील की जा रही है जिससे जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके इसके अलावा रैली नाटक और जागरूकता के कार्यक्रम जिले में चलाए जा रहे हैं उधर सतना में नगर पालिक निगम द्वारा मतदाताओं को अधिक से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं शराब विरोध प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन के इंदौर स्थित निज निवास पर स्थानीय निवासियों ने शराब दुकान को स्थानांतरित कराये जाने को लेकर आज विरोध जताया गृह मंत्री बच्चन ने बताया कि नागरिकों की समस्या से जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए उचित निराकरण करने की बात कही है मौसम प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है कई जगह लू चलने की संभावनायें भी जताई गई है

झाबुआ सतना छतरपुर नीमच भिण्ड मुरैना दतिया सहित कई जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं राज्य के कई स्थानों में पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है संभागायुक्त भोपाल कल्पना श्रीवास्तव ने संभाग के सभी जिलों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिये हैं कल उन्होंने एक समीक्षा बैठक करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि विभाग का मैदानी अमला क्षेत्र में रहे और बंद हैण्डपंप चालू करायें